मुख्यमत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एसएमसी शिक्षक भर्ती को लेकर स्पष्ट किया है कि ये स्थाई नियुक्ति नहीं है धर्मशाला में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि ये शिक्षक उन स्कूलों में भर्ती किए जाएंगे जहां पिछले कई महीनों से शिक्षक नहीं हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने एसएमसी के तहत शिक्षक भर्ती का फैसला लिया है हादसा शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के तकलेच में चौकी नाला के समीप एक कार के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हुए हैं समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार दोनों मृतक पिता पुत्री हैं यह हादसा कल शाम हुआ जब कार सवार एक समारोह के बाद रामपुर स्थित अपने गांव दोपदा लौट रहे थे घायलों को रामपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर चंबा जिले के कांदू में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारातियों से भरी एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत हुई और पांच अन्य जख्मी हुए हैं मौसम बीते तीन दिनों से चल रहे खराब मौसम के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई हालांकि जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति व किन्नौर में रात को हल्का हिमपात हुआ और आज भी बादल छाए हुए हैं इस ताजा हिमपात से समुचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है और उंचाई वाले स्थानों पर तापमान जमाव बिंद से नीचे दर्ज किया जा रहा है मौसम विभाग ने आगामी चार पांच दिन तक प्रदेश भर में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र और मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित पंजाब केसरी के शब्द हैं गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र से करेगी सिफारिश दिव्य हिमाचल लिखता है सदन में नारों से तपा तपोवन तीखी नोक झोंक के बाद स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही

हिमाचल दस्तक के मुताबिक चौथे दिन भी हआ हंगामा स्थगित करना पड़ा सदन अजीत समाचार का कहना है विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा विधायकों के विरूद्व नारेबाजी पर सदन गरमाया आपका फैसला ने लिखा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों से सदन की गरिमा को बनाए रखने का किया अनुरोध मौसम पर दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है शिमला में फाहे कुल्ल किन्नौर और स्पीति समेत ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी अमर उजाला लिखता है बर्फबारी जारी ठंड से कांपा समूचा प्रदेश दैनिक जागरण के शब्द हैं मुश्किलों में कटा दिन आज से राहत आपका फैसला के मुताबिक बर्फबारी से प्रदेश शीतलहर की चपेट में दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है निवेश बढ़ाने को रोड शो करेगी जयराम सरकार भारतीय व विदेशी प्रतिनिधियों को भेजा जा रहा न्यौता राजपथ पर दिखेगी गांधी की शिमला यात्राओं की झांकी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है हिमाचल की झांकी को रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी आज भेजा जाएगा फाइनल मॉडल इसी समाचार पत्र के अनुसार बिना पंजीकरण नहीं ख्लेंगे क्रेच प्ले स्कूल

दिव्य हिमाचल लिखता है डिप्ओं की चार दालों में से दो के सैंपल फेल दैनिक भास्कर ने खबर दी है हिमाचल की सहकारी सभाओं पर नकेल ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिटर होंगे तैनात अब एक नजर संपादकीय पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय शिक्षा की सामाजिक कुंठाएं में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या पर चिंता जताई है